छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा इक्कीस हजार के करीब पहुंचा राज्य सरकार ने आज अट्ठारह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले किए डीजे और साउंड सिस्टम वालों ने गणेश उत्सव सहित अन्य सार्वजनिक आयोजनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने की अनुमति देने की मांग को लेकर आज विभिन्न जिला मुख्यालयों में किया प्रदर्शन विस सत्र छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होगा अट्ठाईस अगस्त तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल चार बैठकें होंगी इस सत्र में वित्तीय कार्य के साथ अन्य शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे सत्र के पहले दिन कल दिवंगत राजनेताओं को श्रद्वांजलि दी जाएगी कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस बार सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा सदन में मुख्यमंत्री मंत्रियों सहित सभी विधायकों के आसन के सामने ग्लास का पार्टीशन लगाया गया है विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जो भी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं उसका पूरी तरह पालन करने के निर्देश जारी किए हैं सत्र अवधि में सदन और परिसर को हर दिन सेनिटाईज किया जाएगा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल की कार्यवाही का सीधा प्रसारण सुबह ग्यारह से बारह बजे तक दूरदर्शन पर किया जाएगा इस बीच नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि मानसून सत्र में चर्चा के लिए चार दिनों का समय बहुत कम है लेकिन विपक्ष जनहित के मुद्दों को मजबूती के साथ सदन में उठाएगा श्री कौशिक ने कहा कि किसानों अवैध रेत उत्खनन शराब तस्करी और बढ़ते अपराध के मुद्दों पर विपक्ष सरकार से जवाब मांगेगा उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश में जो वातावरण है उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है

आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नये मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है कोंडागांव जिले में आज चालीस नये कोरोना पॉजीटिव मरीजों की पहचान की गई है वहीं रायगढ़ जिले में आज छत्तीस नये कोरोना संक्रमित मरीज मिलने की खबर है इनमें से सर्वाधिक मरीज कृष्ण नगर से हैं इस बीच जिला प्रशासन ने आपात बैठक कर निर्णय लिया है कि अब कोरोना संक्रमित व्यक्ति होम आईसोलेशन में नहीं रहेंगे कलेक्टर भीम सिंह ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए कोरोना जांच जरूर करवाएं उधर बस्तर जिले में आज चौंतीस नये कोरोना पॉजीटिव मरीजों की पहचान की गई है इसमें सर्वाधिक तेरह मरीज करनपुर क्षेत्र से है इधर दुर्ग जिले में तीस नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि जिले में आज दो कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है वहीं महासमुंद जिले में आज कोरोना संक्रमण से पीड़ित सत्रह नये मरीजों की पहचान की गई है कोरबा जिले में आज छह नये मरीज मिले हैं इनमें कलेक्टर कार्यालय के राजस्व शाखा में कार्यरत् तीन कर्मचारी भी शामिल हैं इस बीच कलेक्टर किरण कौशल ने जिले के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानों को सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक संचालित करने के निर्देश दिए हैं वहीं होटल रेस्टॉरेंट के संचालन का समय सुबह आठ बजे से दोपहर तीन बजे तक निर्धारित किया गया है जबकि होटल रेस्टॉरेंट से ऑनलाइन डिलीवरी के लिए रात दस बजे तक की छूट दी गई है

मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर डीके तुर्रे ने बताया कि वार्ड में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद वार्ड सहित अस्पताल परिसर को सैनिटाईज किया गया अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों की कोरोना जांच की जा रही है जांजगीर चांपा जिले के चंद्रपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कल से लेकर इकतीस अगस्त तक नगर में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया जाएगा इस दौरान व्यवसाय और अन्य गतिविधियों के लिए समय अवधि निर्धारित कर दी गई है इसी तरह कोरिया जिले में स्वास्थ्य विभाग ने नियम शर्तों के तहत जिले में कोरोना पॉजीटिव मरीजों को होम आइसोलेशन की सुविधा देने की मंजूरी दे दी है सीएमएचओ डॉक्टर रामेश्वर शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार यह सुविधा दी गई है गौरतलब है कि कल देर रात स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार विभिन्न जिलों से सात सौ चार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई थी इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या इक्कीस हजार के आसपास पहुंच गई है वर्तमान में सात हजार सात सौ नब्बे कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है वहीं करीब तेरह मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है जबकि कोरोना से अब तक एक सौ संतानवे लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना मौत समिति गठित धमतरी जिले में कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर शव के निराकरण के लिए समिति गठित की गई है गठित समिति शासन द्वारा जारी एसओपी का पालन करते हुए उनके परिजनों और कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अंत्येष्टि की कार्रवाई करेगी समिति में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी आयुक्त नगर पालिक निगम धमतरी सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नायब तहसीलदार और सभी कार्यपालिक दंडाधिकारियों को शामिल किया गया है जो अपने अपने क्षेत्र में कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे सरकार एसओपी केन्द्र सरकार ने आज स्पष्ट किया है कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए मीडिया कार्यक्रम निर्माण से संबंधित निर्देशक सिद्धांत और मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन फिल्मों की शूटिंग टेलीविजन कार्यक्रमों वेब सीरीज और इलेक्ट्रॉनिक तथा फिल्म संचार माध्यमों में विषय वस्तु तैयार करने सहित सभी मीडिया कार्यक्रमों के लिए अनिवार्य है यह स्पष्टीकरण केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा कल जारी किया गया जो मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है जीएसटी आधार प्रमाणन केन्द्र सरकार ने कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए वस्तु और सेवा कर पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणन शुरु कर दिया है आधार प्रमाणन के इच्छुक लोगों को तीन कार्य दिवसों के भीतर नया जीएसटी पंजीकरण जारी कर दिया जाएगा और इसके सत्यापन के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी होगी हालांकि जो लोग आधार प्रमाणन का विकल्प नहीं चुनेंगे उन्हें कारोबारी स्थल और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही पंजीकरण जारी किया जाएगा सरकार ने कहा है कि नए पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणन से कारोबार करना अधिक आसान होगा इससे ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहन मिलेगा और फर्जी इकाइयों को जीएसटी से दूर रखना संभव होगा आधार प्रमाणन के माध्यम से जीएसटी पंजीकरण का त्वरित अनुमोदन प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए उपलब्ध होगा

इस काम को अगले वर्ष जून तक पूरा कर लिया जाएगा इसके अलावा भिलाई चरौदा में पचास मेगावाट का नया सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है इसकी स्थापना भी अगले वर्ष अप्रैल महीने तक हो जाएगी यह जानकारी रायपुर मंडल रेल प्रबंधक श्याम सुंदर गुप्ता ने आज एक वर्चुअल प्रेसवार्ता के माध्यम से दी उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण की वर्तमान विषम परिस्थितियों में भी रायपुर रेलमंडल ने आय के नये स्रोत बढ़ाने के साथ ही आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के क्षेत्र में सतत् कार्य किया है लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की दसवीं कड़ी का प्रसारण आगामी तेरह सितंबर को होगा मुख्यमंत्री इस बार समावेशी विकास आपकी आसं विषय पर प्रदेशवासियों से बात करेंगे इस संबंध में कोई भी व्यक्ति आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नंबर शून्य सात सात एक दो चार तीन शून्य पांच शून्य एक दो चार तीन शून्य पांच शून्य दो दो चार तीन शून्य पांच शून्य तीन पर पच्चीस छबीस और सत्ताईस अगस्त को दोपहर तीन से चार बजे के बीच अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों एफएम और क्षेत्रीय न्यूज चैनलों से सुबह साढ़े दस बजे से ग्यारह बजे तक होगा सिंहदेव हमर ग्राम समा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने रेडियो पर ग्राम पंचायत विकास योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी कल शाम आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित हमर ग्राम सभा कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर हर ग्राम पंचायत को विकास की प्राथमिकता तय करना चाहिए गांव के वर्तमान संसाधनों और वहां मौजूद सुविधाओं का आंकलन कर आगे के विकास की रूपरेखा बनानी चाहिए पंचायत मंत्री ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत गठित वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के साथ ही अलग अलग विभागों की योजनाओं जिला खनिज न्यास निधि और गौण खनिजों के राजस्व से भी पंचायतों को आर्थिक संसाधन मुहैया कराए जाते हैं श्री सिंहदेव ने कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों के कार्य क्षेत्रों और अधिकारों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी

कई नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है बारिश से कई जगहों पर फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है उन्होंने राज्य सरकार से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कराकर प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिए जाने की मांग की है नेशनल डिफेंस परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित नेशनल डिफेंस एंड नेवल अकादमी परीक्षा आगामी छह सितंबर को दो पालियों में आयोजित की जाएगी प्रथम पाली में यह परीक्षा सुबह दस बजे से दोपहर साढ़े बारह बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर दो बजे से शाम साढ़े चार बजे तक होगी इसके लिए राजधानी रायपुर में भी विभिन्न परीक्षा केन्द्र बनाए जाएंगे कृषि महाविद्यालय प्रवेश परीक्षा कृषि महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा एआईईईए का आयोजन आगामी सात और आठ सितंबर को किया जाएगा इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसके माध्यम से छात्र देश के किसी भी कृषि महाविद्यालय में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में पच्चीस प्रतिशत सीटे आरक्षित होती हैं मेंटवार्ता प्रसारण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हाल में ही हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नेशनल रिक्रमेंट एजेंसी यानि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी मंजूरी दी गई है युवाओं की ओर से इस तरह के पहल की मांग पिछले कई सालों से की जा रही थी यह भर्ती एजेंसी किस तरह काम करेगी इसका फायदा युवाओं को किस तरह से मिलेगा इन सारे पहलुओं पर अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की वरिष्ठ पत्रकार और शिक्षाविद् शशांक शर्मा से इस वार्ता का प्रसारण आकाशवाणी के रायपुर केन्द्र द्वारा कल पच्चीस अगस्त को सुबह साढ़े दस बजे से किया जाएगा तुबादला राज्य सरकार ने डेढ़ दर्जन से अधिक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादला आदेश जारी किए हैं जारी आदेश के मुताबिक दुर्ग ग्रामीण के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पाटले को रायपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है वहीं कांकेर के एएसपी कीर्तिन राठौर को कोरबा का एएसपी बनाया गया है जबकि बिलासपुर के एएसपी ओपी शर्मा को एएसपी बस्तर की जिम्मेदारी दी गई है उधर जांजगीर चांपा जिले की पुलिस अधीक्षक पारूल माथुर ने चार थाना प्रभारियों और चार उप निरीक्षकों के तबादला आदेश जारी किए हैं इसी तरह दुर्ग जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने भी तीन निरीक्षकों के तबादला आदेश जारी किए हैं डीजे संचालक प्रदर्शन लॉकडाउन के दौरान डीजे और साउंड सिस्टम पर प्रतिबंध से परेशान संचालकों ने आज प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया धमतरी में प्रदर्शनकारियों ने रैली की शक्ल में कलेक्टोरेट कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और गणेश उत्सव सहित अन्य सार्वजनिक आयोजनों में डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने की अनुमति देने की मांग की वहीं बेमेतरा जिले में कलेक्टोरेट के सामने डीजे साउंड सिस्टम वालों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया अधिकारियों की समझाइश और उनकी मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के आश्वासन देने के बाद विरोध प्रदर्शन समाप्त हुआ उधर राजनांदगांव में भी साउंड सिस्टम और टेन्ट हाउस संचालकों ने आज फिर प्रदर्शन किया तीन दिन पहले भी इन लोगों ने प्रदर्शन कर प्रशासन से साउंड सिस्टम डीजे और टेन्ट को लगाने की छूट देने की मांग की थी इधर बिलासपुर मुंगेली और कवर्धा सहित अन्य जिलों में भी डीजे साउंड सिस्टम और डेकोरेशन संचालकों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया

इस संबंध में आज कलेक्टर रजत बंसल ने अधिकारियों की बैठक लेकर ईको पर्यटन को बढ़ावा देने को लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ पर्यटन क्षेत्र के तहत आने वाले ग्राम लामड़ागुड़ा और तीर्था सहित अन्य गांवों का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया संक्षिप्त समाचार राज्य के पूर्व चिकित्सा शिक्षा संचालक डॉक्टर एसएल आदिले के खिलाफ रायपुर के महिला पुलिस थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया गया है पीड़ित महिला से पूछताछ के बाद पुलिस ने डॉक्टर आदिले के खिलाफ अपराध दर्ज किया है जांजगीर चांपा जिले के सक्ती स्थित उप पंजीयक कार्यालय में पचास लाख रूपये का गबन करने के आरोप में एक भृत्य को गिरफ्तार किया गया है वहीं तीन अन्य आरोपी फरार हैं जांजगीर चांपा जिले में जन्म मृत्यु के ऑनलाइन पंजीकरण का कार्य शुरू हो गया है बिलासपुर जिले में कोटा थाना अंतर्गत ग्राम चढ़ापारा में मनरेगा योजना के तहत बनी एक डबरी में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई

वहीं चार अन्य लोग घायल हो गए हैं महासमुंद जिले में सरायपाली पुलिस ने पिता पुत्र को गिरफ्तार कर उनके पास से पंद्रह किलो गांजा जब्त किया है जब्त गांजे की कीमत लगभग डेढ़ लाख रूपये बताई जा रही है महासमुंद साइबर सेल और सरायपाली थाने की संयुक्त टीम ने झिलमिला के पास जुआ खेल रहे छह लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब तीन लाख पैंसठ हजार रूपये जब्त किए गए हैं बालोद जिले में पुलिस ने महाराष्ट्र की गाड़ी से लगभग दो दर्जन मवेशियों को ले जाते चार पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है